राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को सुरक्षा उपकरण किट व मास्क की खरीद के लिए एक करोड़ रूपए किए जारी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालयों को लॉकडाउन के दौरान ई लर्निंग सिस्टम के उपयोग की दी सलाह

मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा कपर्यू के दौरान सेब बागवानों को कीटनाशक खाद व पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बागवानी अधिकारियों को बागवानों के घर के समीप या गांव के आधार पर कीटनाशक खाद और पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानों को समय पर मधुमक्खी के बक्से व एंटी हेलनेट की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने गुजरात से एंटी हेलनेट की आपूर्ति में तेजी लाने के अधिकारियों को आदेश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी व सरकारी क्षेत्रों में एंटी हेलगन के लिए सिलेंडरों की आपूर्ति भी करेगी मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने बागवानों की मांगों के प्रति संवेदनशीलता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है इस बीच जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पशु चारे व मत्स्य आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया उन्होंने अधिकारियों को रोजाना चारे की आपूर्ति पर निगरानी रखने को कहा मुख्यमंत्री ने चारे की आपूर्ति के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल करने की ज़रूरत बताई जयराम प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में इसी उददेश्य से प्रदेश में तैनात पूलिस कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट और मास्क की खरीद के लिए एक करोड़ रूपए जारी किए हैं

रबी फसलें केन्द्र सरकार लॉकडाउन के दौरान रबी फसलों की सुचारू कटाई और गर्मियों की फसलों की बुआई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग ने सभी राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये दावों के भुगतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण तथा स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की बैठक में सुनिश्चित किया गया कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामना न करना पड़े फसल बीमा सुविधा को सुगम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए लॉकडाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सकें उपायुक्त मण्डी केन्द्र सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कर्फ्यू में कुछ रियायतें दी हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के कृषि कार्य कर सकें मण्डी ज़िला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि इस दौरान किसान सामाजिक दूरी बनाकर अपनी निजी भूमि पर खेतीबाड़ी के काम कर सकते हैं

इस संबंध में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कल रात नौ बजे दीप जलाते समय एल्कोहल वाले सेनेटाइजर का इस्तेमाल न करें

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि पीजीआई में ओपीडी सुविधा बंद है इसलिए मरीजों की सुविधा के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लॉकडाउन के दौरान ई लर्निंग सिस्टम के उपयोग पर बल दिया है

बंडारू दत्तत्रेय ने कहा कि मौजूदा स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है और इसे सकारात्मक रूप से अपनाया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम पूरे हो सकें उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा विभिन्न ऑनलाइन स्टडी साइट्स तैयार की गई हैं जिनके उपयोग से विद्यार्थी घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर उपलब्ध पाठन सामग्री ऑनलाइन स्टडी सॉफ्टवेयर सोशल नेटवर्किंग साइट ईमेल वीडियो कांफ्रेंस ओर व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने को भी कहा बंडारू दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों की एक सूची बनाने के निर्देश दिए जो स्वयं सेवियों के तौर पर कार्य कर सकें उन्होंने सूचना प्रदान करने और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के प्रयोग पर भी बल दिया

उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता की टीमें घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री और स्वास्थ्य जांच कर रही हैं

आरके परूथी ने लोगों से सर्वे टीम का सहयोग करने की अपील की है इस बीच जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति वाले ट्रांसपोर्टरों को खाने की सुविधा के लिए दो सड़का नाहन स्थित कैफे को खोलने की अनुमति दे दी है

जोगिन्द्रनगर के एस डीएम अमित मैहरा ने बताया कि रैडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से छात्राओं को मास्क बनाने का कपड़ा उपलब्ध करवाया गया है उन्होंने कहा कि संस्थान के पास मास्क बनाने के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा है संस्थान के प्रधानाचार्य तनुज शर्मा ने बताया कि मास्क बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से भी पत्र प्राप्त हुआ है उधर चम्बा ज़िला की स्वयं सेवी संस्था पांगी फर्स्ट पंगवाल फर्स्ट ने हाथ से मास्क तैयार कर आवासीय आयुक्त पांगी को प्रदान किए

अंशदान कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं समेत आम लोग भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं

के सी चमन सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने कहा है कि लोगों को घर द्वार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए होम डिलीवरी प्रणाली को अधिक सुद्रढ़ किया जाएगा बद्दी में आज एक बैठक में उन्होंने होम डिलीवरी के लिए क्षेत्रवाद स्थानीय दुकानदारों के चिन्हित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि लोगों को जल्द वस्तुऐं मिल सकें उपायुक्त ने कोरोना वायरस को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा दिए जा रहें दिशानिर्देशों का सभी से पालन करने का आहवान भी किया केसी चमन ने कहा कि क्षेत्र में प्रवासी कामगारों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए है